वैकल्पिक ईंधन केन्द्र सरकार ने बिजली और वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों को परमिट से छूट देने का फैसला किया है देश में इस प्रकार के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय किया गया है केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में भारतीय वाहन निर्माताओं के संगठन एसआईएएम के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी उन्होंने बताया कि बिजली चालित वाहनों तथा एथनॉल बायोडीजल सीएनजी मिथेनॉल और जैविक ईंधन का उपयोग करने वाले ऑटो रिक्शा बसों और टैक्सियों समेत सभी वाहनों को परमिट की आवश्यकता से मुक्त कर दिया गया है नेशनल लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्रधिकरण द्वारा उच्च न्यायालय जिला न्यायालयों तालुका श्रम और कुटुम्ब न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी लोक अदालतों में लम्बित प्रकरणों आपराधिक बैंक रिकवरी मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण श्रम विवाद विद्युत एवं जल कर वैवाहिक भूमि अधिग्रहण सेवा निवृत्त संबंधी राजस्व और दीवानी आदि मामलों की सुनवाई होगी न्यायालय में लम्बित मामलों का समाधान आपसी सहमति से करवाने के इच्छुक पक्षकार न्यायालय अथवा सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने की सहमति दे सकते हैं गुनाखंडवा सहित राज्य के अन्य जिलों में भी नेशनल लोक अदालत की तैयारियां पूरी कर ली है कमलनाथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने आज टीकमगढ़ में सभा को संबोधित करते हुये कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर हम मध्यप्रदेश का नया नक्शा बनायेंगे और नयी व्यवस्था लायेंगे ताकि प्रदेश को बचा सकें कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेसकी सरकार राज्य व्याप्त निराशा दूर करेगी किसानों का कर्ज माफ होगा बिजली का बिल माफ होगा

राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार से मध्यप्रदेश को उत्तराखंड के देहरादून में आज आयोजित एक समारोह में पुरस्कृत किया गया

मानवाधिकार राज्य मानवाधिकार आयोग ने भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र के अन्तर्गत आठवीं कक्षा की छात्रा के साथ कार में दुष्कर्म मामले में संज्ञान लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक से दो सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है आयोग ने दमोह जिले के बटियागढ़ थाना क्षेत्र के अन्तर्गत छेड़छाड़ से परेशान किशोरी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में भी पुलिस अधीक्षक से पूछा है कि किन आपराधिक धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच की जा रही है वहीं जबलपुर शहर के नेपियर टाउन स्थित समाधान अस्पताल में लापरवाही पूर्वक उपचार किए जाने के कारण दो नवजात शिशुओं की मौत हो जाने के मामले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी तथा समाधान अस्पताल जबलपुर के अधीक्षक से तीन सप्ताह में प्रतिवेदन मांगा है

राज्य शासन द्वारा निर्धारित फीस तथा प्राईवेट और अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं द्वारा निर्धारित फीस में विसंगतियों के कारण उत्पन्न समस्याओं के समाधान के लिये परिचर्चा में विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है परिचर्चा में नगर निगम शिक्षा समिति और जिला पंचायत शिक्षा समिति के सभापति जिला शिक्षा अधिकारी जिला परियोजना समन्वयक के अलावा राज्य शिक्षा केन्द्र और डीपीआई के प्रतिनिधि विवेकानंद न्यास केन्द्र के प्रतिनिधियों के साथ साथ सरकारी और निजी स्कूलों के प्राचार्य और मीडिया विशेषज्ञ भाग लेंगे

शहर के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में आज मिट्टी की गणेश प्रतिमा बनाने की कार्यशाला रखी गई बड़ी संख्या में यहां विद्यार्थियों स्वयंसेवी संगठनों और आम लोगों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया गोल्डन ब्रक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने विद्यालयों का भ्रमण कर प्रतिमा निर्माण के आंकड़ों संबंधित जानकारी एकत्रित की मिट्टी की बनी इन गणेश प्रतिमाओं को लोग अपने साथ ले गए और गणेशोत्सव के बाद इन प्रतिमाओं का विसर्जन घरों के गमलों या स्कूल के बगीचों में करने का संकल्प लिया

वहीं सागर छतरपुर पन्ना दमोह टीकमगढ़ उमरिया शहडोल अनूपपुर डिंडौरी रीवा सतना जबलपुर नरसिंहपुर मंडला कटनी होशंगाबाद बैतूल रायसेन विदिशा सीहोर अशोकनगर और गुना जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतवानी दी है हमारे कटनी संवाददाता ने बताया है कि जिले में सुबह से बारिश दौर जारी है लगातार हो रही बारिश से पुलियों में पानी भरा है और नदी नाले उफान पर हैं इससे आमजन जीवन प्रभावित हुआ है वहीं शहडोल में लगातार हो रही बारिश के बाद सोन नदी का पानी पुल तक पहुंच गया वहीं उमरिया में भी तेज बारिश की खबर है मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून में एक जून से सात सितम्बर तक आठ जिलों में सामान्य से बीस प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है प्रदेश के पैंतीस जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है कम वर्षा वाले जिलों की संख्या आठ है सर्वाधिक वर्षा ग्यारह सौ अस्सी दशमलव एक मिलीमीटर उमरिया में और सबसे कम चार सौ बहत्तर दशमलव आठ मिलीमीटर अलीराजपुर में दर्ज की गई है सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले टीकमगढ़ उमरिया भिण्ड दतिया शिवपुरी नीमच मुरैना और सिंगरौली हैं कम वर्षा वाले जिले धार हरदा बालाघाट छिदवाड़ा अनूपपुर देवास अलीराजपुर और बैतूल हैं